कलश यात्रा के मार्ग में आमजन भी अटल जी के अस्थि कलश का दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे अटलजी की अस्थियां प्रदेश की दस प्रमुख नदियों नर्मदा क्षिप्रा ताप्ती चम्बल सोन बेतवा पार्वती सिंध पेंच और केन में विसर्जित की जायेंगी मुख्यमंत्री श्री चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पच्चीस अगस्त को एक अस्थि कलश नर्मदा नदी में विसर्जित करेंगे चम्बल नदी को जाने वाली अस्थि कलश यात्रा ग्वालियर से शुरू होगी अस्थि कलश यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में पहॅचेगी जल संसाधन मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र आज दतिया जिले के सेवढ़ा में स्वर्गीय वाजपेयीजी की अस्थियाँ सिंघ नदी में विसर्जित करेंगे अस्थि कलश यात्रा आज शाम पाँच बजे आगरमालवा जिले के ग्राम चांदनगांव से जिले में प्रवेश करेगी यात्रा कानड़ होते हुए शाम को आगरमालवा आएगी यहां शोकसभा में अटलजी को पुष्पांजली अर्पित की जाएगी यात्रा का रात्रि विश्राम आगरमालवा में होगा अस्थि कलश यात्रा कल सुबह जिले के सुसनेर और मोड़ी होती हुई राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी कुलदीप निधन वरिष्ठ पत्रकार लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैय्यर का आज नई दिल्ली में निधन हो गया

आपातकाल के दौरान प्रशासन की ज्यादतियों के खिलाफ एक प्रदर्शन का नेतृत्व करने के कारण उन्हें आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के कानून के अन्तर्गत जेल भी भेजा गया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री कलदीप नैय्यर के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए श्री नैय्यर ने दृढ़ निश्चय के साथ काम किया राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि पाठक अब उनके लेखन से वंचित हो जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कुलदीप नैय्यर के निधन पर खेद व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री नैय्यर ने स्प्प्ट रूप से और निडर होकर अपने विचार व्यक्त किये तथा उनका काम कई दशकों में फैला हुआ है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री नैय्यर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपने धारदार लेखन से उन्होंने पत्रकारिता को दिशा दी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी भी दी देश ने प्रखर विचारक खो दिया है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है

राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में रूक रूक बारिश हो रही है बुरहानपुर में भारी वर्षा से ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बड़वानी होशंगाबाद नीमच शिवपुरी खण्डवा जिले में बारिश जारी है लगातार बारिश की वजह से विदिशा जिले में बेतवा नदी ऊफान पर है और उसके आसपास के सारे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं बेतवा सहित जिले की अन्य सहायक नदियां उफान पर होने की वजह से विदिशा में गंजबासौदानटेरनशमशाबाद अशोकनगररायसेन बेगमगंज गैरतगंज कुरवाई आदि से सड़क संपर्क टूट चुका हैशिवपुरी जिले में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है शहर में तेज बारिश की वजह से कई निचली बस्तियों में पानी भर गया मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अति वर्षा और बाढ़ की सम्भावना की आशंका वाले क्षेत्रों की निरन्तर निगरानी करने के निर्देश दिये हैं कल भोपाल में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवर्षा से उत्पन्न स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की उन्होंने कहा कि निवासियों को सतर्कता और सावधानी बरतने की समझाईश दी जाये अति वर्षा राहत और पुनर्वास की व्यवस्थाओं की निरन्तर निगरानी की जाये